प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसुन सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामलाल ठाकर और राकेश सिंघा के प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी इस अधिनियम में पुलिस कर्मियों को आठ साल के अनुबंध के बाद नियमित करने का प्रावधान है जबकि सरकार ने अन्य विमागों में अनुबंध कर्मियों को तीन साल में ही ॅनियमित करने का नीतिगत फैसला सत्ता संभालने के साथ ही लिया था

विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं और भवनों के शिलान्यास व उदघाटन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत नहीं किया गया है और न ही इस बारे कोई नियम निर्धारित है विधायक विनय कुमार और पवन कुमार काजल के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकूर ने बताया कि पीटीए व पैट अध्यापकों के अनुबंध काल की सेवाओं को नियमित काल में सरकार सम्मिलित नहीं करेगी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की योजना जारी है विधायक विनय कमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उर्चोग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने कहा कि सिरमौर जिला में सरकार द्वारा वर्तमान में चूना पत्थर के नए मामलों को खनन पट्टे पर देने का कोई विचार नहीं है वॉ कआउट विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस ने आज लगातार दूसरे दिन सदन से कोरोना महामारी के मुद्दे पर वॉकआउट किया और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की मनाही के बावजूद सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाए व हंगामा किया इस दौरान विपक्ष द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर दो दिन तक हुई चर्चा का जवाब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विपक्ष के शोरगुल के बीच ही दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सेनेटाइजर खरीद मामले में जांच लक्ष्य तक पहुंच गई है और जल्द ही इसे पूरा कर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा उन्होंने वेंटिर्लटर खरीद मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि वेंटिलेटर के सारे दाम जैम पोर्टल पर अभी भी मौजूद है मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच तल्खी भरे तेवरों में कहा कि आने वाले समय में विपक्ष को सदन के बाहर भी बेनकाब किया जाएगा जयराम ठाकर ने कहा कि कोरोना संकट पर विधानसभा में दो दिन से अधिक समय तक चर्चा हुई लेकिन खेद की बात है कि विपक्ष ने इस संकट से निपटने के लिए कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मामले में हिमाचल की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सुखद है बाद में विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन ने ध्वनि मत से काम रोको प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया विघेयक मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज कल पांच विधेयकों को सरकार की ओर से पेश किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्दाज व उद्योग मत्री बिक्रम सिंह ठाकूर ने अध्यादेशों पर विधेयक पेश किए जिन पर अभी चर्चा कर उन्हें पारित किया जाएगा

विधायक रमेश धवाला ने रोजगार सुजन के लिए कृषि को बढावा देने तथा बलबीर सिंह ने प्रदेश में लोकमित्र केन्द्रों में हो रही घोखाधडी का मामला उठाया भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी के सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आहवान किया है ताकि लोगों को इनका लाम मिल सके वे आज शिमला में भाजपा के सभी मोर्चों के ॅअध्यक्षों महामंत्रियों और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में सभी मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग व सम्मेलन जिला व मण्डल स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे